लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान हुआ तेज आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी

मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा ने अगर पार्टी के खिलाफ या फिर अपने बेटे के पक्ष में काम किया तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी आज मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा इस समय धर्म संकट में हैं और उनकी मनोस्थिति को पार्टी समझ रही है लेकिन वे भाजपा के सदस्य है और मंत्रिमंडल में भी हैं ऐसे में पार्टी को उनकी जरूरत है वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि अनिल शर्मा को मंडी में ही पार्टी के लिए काम करना चाहिए और मंडी से बाहर काम करने की उनकी गुजारिश पर पार्टी विचार कर रही है

उना में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस मामले पर अंतिम निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा और जो भी केन्द्रीय पार्टी कार्यालय से निर्देश आएंगे उन्हें अमल में लाया जाएगा जयराम वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मंडी में लोकसभा चुनाव राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच लड़ा जाएगा मंडी जिले के सिराज निर्वाचन क्षेत्र में आज भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव किसी के निजी अहम को संतुष्ट करने के बजाए मंडी की जनता के सम्मान और स्वामिमान का चुनाव बन चुका है जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व नीति और नीयत के अभाव में पहले से ही बिखरी हुई थी और अब अवसरवादियों द्वारा आर्थिक संसाधनों के दम पर टिकट हासिल करने से इस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में हर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया है और केन्द्र सरकार ने भी हिमाचल को पर्याप्त सहायता दी है जयराम ठाकुर ने कहा कि विकास के मुद्दे पर ही भाजपा चारों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी

दोनों राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन व बैठकें आयोजित कर उन्हें चुनाव संबंधी टिप्स देने के अलावा लोगों से रूबरू हो रहे हैं इसी कड़ी में शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज सोलन में भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया

शांडिल शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल ने भी अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है उन्होंने आज सोलन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की एक बैठक की और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने संबंधी रणनीति बनाई उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास के नाम पर जनता के बीच जा रही है धनीराम शांडिल ने कहा कि सेना की किसी भी तरह की कार्यवाही का राजनीतिकरण करना बेहद गलत है और ये देश के लिए खतरा है

वे आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर में महिला मोर्चा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है उन्होने कांग्रेस पर महिलाओं को केवल वोट की राजनीति तक ही सीमित रखने का आरोप भी लगाया इस मौके करीब एक सौ पचास महिलाऐं भाजपा में शामिल हुई अनुराग ठाकुर ने नालटी में भाजपा युवा मोर्चा सम्मेलन को भी संबोधित किया पवन काजल कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल टिकट मिलने के बाद आज कांगड़ा पहुंचे जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोड शो का आयोजन किया इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे चुनाव जागरूकता लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत शिमला ग्रामीण और शिमला शहरी क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया इस दौरान रामपूरी क्यौथल और सहल में स्थित सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को ईवी एम व वीवीपैट की जानकारी दी गई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी में नारा लेखन भाषण व पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से निर्वाचन प्रकिया संबंधी विभिन्न जानकारियां दी गई सिरमौर जिला के नाहन में महाविद्यालयों व आईटीआई के मतदाता साक्षरता क्लबों के नोडल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण बैठक का आयोजन किया गया आईटीआई उना में स्वीप कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट के महत्व की जानकारी दी गई कुल्लू के कला केन्द्र में मनाए जाने वाले छात्र संघों के उत्सवों में जिला स्वीप कमेटी द्वारा मतदान के प्रति छात्रों को जागरूक किया गया

कांगड़ा जिला के धर्मशाला में भूकंप से बचाव विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है भूकंप जैसी आपदा के बेहतर प्रबंधन को लेकर मंडी में एक जागरूकता रैली निकाली गई जिसे उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने हरी झण्डी दिखाई बिलासपुर में मैमोरी वॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को आपदा के समय बचाव कार्यों के बारे जागरूक किया गया कुल्लू में भूकंप पर जागरूकता के लिए पैदल मार्च निकाल कर लोगों को भूकंप से बचाव की जानकारी दी गई शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से मैमोरी वॉक को उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने रवाना किया इसी तरह अन्य जिलों में भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए पुलिस बैठक आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों के संबंध में शिमला स्थित में पुलिस मुख्यालय में आज पुलिस महानिदेशक सीताराम मरड़ी की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हुई पुलिस अधीक्षक कानून व व्यवस्था खुशहाल शर्मा ने बताया कि इस दौरान निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों पर विस्तृत चर्चा की गई उन्होने ने कहा कि बैठक में अन्तर्राजीय बैरियरों को सुदृढ़ करने और बैरियरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्णय लिया गया इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों व नगदी के लेनदेन के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करने पर भी सहमति जताई गई बैठक में पंजाब हरियाणा उत्तराखंड जम्मू कश्मीर चंड़ीगढ़ और दिल्ली के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे

घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है घायलों को कुल्लू अस्पताल में दाखिल करवाया गया है उधर किन्नौर जिला की कल्पा तहसील के शयासो खड्ड के समीप एक कार के गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मृत्यु हो गई है जबकि दो अन्य घायल हुए हैं बस सेवा जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है